अधिसूचना लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी हो गयी है

जबकि अगले दिन मतपत्रों की जांच होगी

इस चरण में प्रदेश की मुरैना भिंड ग्वालियर गुना सागर विदिशा भोपाल और राजगढ़ में वोट डाले जायेंगे

मोदी सभा प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव किसी दल सांसद या सरकार चुनने तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह चुनाव नये भारत बनाने वाला चुनाव है

इस लोकसभा चुनाव में भाजपा को मिलने वाला समर्थन देश को नई ऊंचाईयों पर ले जायेगा श्री मोदी ने कहा कि विपक्ष मुददों की राजनीति करने की बजाए ओछी राजनीति कर रहा है उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को ढकोसला बताते हुये कहा कि वह सत्ता में आने का सिर्फ स्वपन देख रही है निलंबन लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बावजूद प्रधानमंत्री की तस्वीर वाले रेल टिकट बेचे जाने पर रेल प्रशासन ने अपने चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है इसके साथ ही रेलवे बोर्ड ने पुराने टिकट रोल के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है इसकी जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी गई है

अधिकृत जानकारी के अनुसार श्री गांधी इस दौरान शहडोल और जबलपुर के सिहोरा में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे सीएम दौरा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बालाघाट जिले के वारासिवनी और हट्टा में चुनावी सभा को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने प्रदेश में सरकार द्वारा की गई कर्ज माफी और युवाओं के लिये लागू की गई युवा स्वाभिमान योजना सहित कई उपलब्धियां गिनाई वहीं केन्द्र सरकार की नीतियों की आलोचना की भाजपा बयान भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि कांग्रेस वोट बैंक के राजनीति के लिये देश को धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुये पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता और पंजाब के मंत्री नवजोत सिद्ध ने एक धर्म विशेष के लोगों से पार्टी को वोट देने की अपील की श्री प्रसाद ने कहा कि यह बात कांग्रेस के उस चरित्र को सामने लाती है जो यह बताता है कि वोट बैंक की राजनीति के लिये किस हद तक जा सकती है

न्यायालय ने निर्वाचन आयोग के फैसले पर संतोष जाहिर करते हये कहा कि फिलहाल किसी आदेश की जरूरत नहीं हैं

नाम परिवर्तन केन्द्र सरकार ने कटनी जिले के द्र्जनपुर गांव का नाम बदलकर शिवधाम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है राज्य सरकार ने पिछले वर्ष दूर्जनपूर गांव का नाम बदले का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था जिसकी अधिसूचना केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दिया

न्यायालय ने एक याचिका सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिये है याचिका में आरोप लगाया था कि कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक हुये थे इसलिये इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिये जागरूकता प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान शत प्रतिशत मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं इसके तहत आज होशंगाबाद शहर में एक आटो रैली का आयोजन किया गया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शशीलेन्द्र सिंह और नोडल अधिकारी एसएस रावत ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस रैली में बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने मतदाताओं से अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करने की अपील की वहीं शहर में स्कूली छात्र छात्राओं ने मतदान अवश्य करने के लिये माता पिता से संकल्प पत्र भरवाये और पड़ोसियों और दोस्तों को भी मतदान का संकल्प दिलाया उधर अशोकनगर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महिला बाल विकास द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया कि जिले के शाहपुर स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अभिभावकों माता पिता और रिश्तेदारों को पत्र लिखकर मतदान अवश्य करने की अपील की है जिले के मानपुर में भी एक जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई आगरमालवा जिले में लोगों को मतदान के लिये जागरूक करने के लिये दीवार लेखन फ्लेक्स लगवाने और सार्वजनिक स्थलों पर स्वीप गतिविधियां तेज करने का निर्णय लिया गया है कल मतदाता जागरूकता मंच द्वारा कार्यशाला में इसकी रूपरेखा तैयार की गई नीमच में मतदाता जागरूकता अभियान के क्रम में राहगीर रैली निकाली गई इस रैली में कलेक्टर पुलिस अधीक्षक सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी और छात्र छात्रायें शामिल हुये उन्होंने रास्ते में लोगों से संवाद कर मतदान अवश्य करने की अपील की प्रशिक्षण लोकसभा चुनाव के दौरान दिव्यांगों को मतदान के लिये कई सुविधायें मुहैया कराई जायेगी मतदान के दौरान उन्हें कोई परेशानी ना हो इसके लिये मतदान केन्द्र पर एक एक दिव्यांग मित्र की नियुक्ति की जायेगी खंडवा में आयोजित दिव्यांग मित्र कार्यशाला में जिला स्तरीय नोडल अधिकारी संजय भारद्वाज ने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिये ट्रायसिकल व्हील चेयर या अन्य वाहन की व्यवस्था की जा रही है वाहन उन्हें घर से मतदान केन्द्र तक लायेगा और उन्हें मतदान केन्द्र पर व्हील चेयर उपलब्ध कराई जायेगी इसी तरह निःशक्त मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने में कोई समस्या होगी तो उनकी सहायता के लिये उनके एक परिजन को भी मतदान कक्ष तक जाने की अनुमति रहेगी इसके साथ ही नेत्रहीन मतदाताओं के लिये ब्रेललिपि सुविधा भी उपलब्ध रहेगी विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल द्वारा लोकसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार आज रात आठ बजे से आठ बजकर पन्द्रह मिनट तक सुना जा सकता है इस बार छिन्दवाड़ा बालाघाट और मंडला लोकसभा सीट के मुद्दे और तमाम पहलुओं पर चर्चा की जायेगी